भारत ने पाकिस्तान से साफ तौर पर फिर कहा आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते अमरीका भारत में लगायेगा छह परमाणु संयंत्र

प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से किया जा रहा है अनुपालन अब तक पूरे राज्य में सात लाख से अधिक अवैध प्रचार सामग्रियों को हटाया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल सशस्त्र सेना कर्मियों को तीन कीर्ति चक्र और पन्द्रह शौर्य चक्र प्रदान किये श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किये राजपूत रेजीमेंट के सिपाही ब्रह्मपाल सिंह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सिपाही राजेंद्र कुमार नैन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया सीआरपीएफ के हवलदार धनवाड़े रविन्द्र बाबन को मरणोपरांत शोर्य चक्र प्रदान किया गया जम्मू और कस्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठनेड़ में इन वीरों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया

परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन और अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद थे भारत ने फिर स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते भारत ने यह भी कहा है कि वह आतंकमुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा मैं कहना चाहती हूं वजीरे आजम पाकिस्तान से कि टेरर पे बात नहीं एक्शन चाहिए

विदेशमंत्री ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी

पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजुहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकवादी घोषित न किए जा सकने पर भारत ने निराशा व्यक्त की है विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है चीन की ओर से तकनीकी अड़चन लगाए जाने के कारण मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कार्रवाई नहीं हो पाएगी जैश ए मोहम्मद ने ही चौदह फ़रवरी को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी ली थी इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किये जाने के प्रयासों पर चीन द्वारा अड्यन लगाये जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की है नई दिल्ली में कल पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणियों की आलोचना की निर्वाचन आयोग ने कल आगामी लोकसभा और चार विघानसभाओं के चुनाव के दौरान राज्यों में तैनात किये जाने वाले प्रेक्षकों को चुनाव प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी आई ए एस आई पी एस आई आर एस तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के एक हजार आठ सौ से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के देश में परिवर्तन के आह्वान संबंधी बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी सरकार की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए था लखनऊ में जारी वक्तव्य में डॉक्टर पाण्डेय ने कहा कि दो हजार चौदह और दो हजार सत्रह में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी प्रदेशवासी सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस को पूरी तरह नकार देंगे डॉक्टर पाण्डेय ने कहा कि जनता सुशासन और विकास के लिए मजबूत विकल्प को चुनेगी भारत और अमरीका ने सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्वता जाहिर की है दोनों देशों के बीच भारत में छह अमरीकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के बारे में भी बातचीत हुई अमरीका ने परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को शीघ्र शामिल किए जाने के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया है वाशिंगटन में भारत अमरीका रणनीतिक सुरक्षा संवाद के नौवें दौर की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विजय गोखले ने किया कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की सोलह लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे जबकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल अपनी परम्परागत सीट कानपुर से चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा डॉक्टर संजय सिंह सुल्तानपुर रत्ना सिंह प्रतापगढ़ ललितेश त्रिपाठी मिर्ज़ापुर जफ़र अली नकवी लखीमपुर खीरी परवेज़ ख़ान संतकबीरनगर सीटों से प्रत्याशी बनाये गये हैं विगत चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनी गई सावित्री फुले अब कांग्रेस के टिकट पर बहराइच से ही चुनाव लड़ेगी इसके अलावा कैसरजहॉ सीतापुर से पार्टी की उम्मीदवार बनायी गई हैं राकेश सचान फतेहपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे जिन अन्य लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया हैं उनमें पंकज मोहन सोनकर भगवती प्रसाद चौधरी ओमवती देवी जाटव मंजरी राही रमाशंकर भार्गव भी शामिल हैं जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश में चुनाव समर में उतरने का फैसला किया है पार्टी के महासचिव के ्सी त्यागी ने कहा कि रॉबर्ट्सगंज कानपुर देहात और पीलीभीत संसदीय क्षेत्रों से पार्टी अपने उम्मीदवार लड़ायेगी प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है इसी कम में पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार सामप्रियों को ज़ोरदार अभियान चलाकर सार्वजनिक और निजी स्थानों से हटा दिया गया है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकेटेश्यर लू ने लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक जिला प्रशासन द्वारा कुल सात लाख सोलह हजार पांच सौ छबीस प्रचार प्रसार से संबंधित अवैध सामग्रियों को हटा दिया गया है इनमें वॉल राइटिंग पोस्टर्स बैनर्स और अन्य प्रचार सामग्रियां शामिल हैं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि सपा बसपा गठबंधन जनता के लिए भरोसेमंद और मज़बूत राजनैतिक विकल्प के तौर पर उभर रहा है सुश्री मायावती ने आशा व्यक्त की है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम आना लगभग तय है वह कल लखनऊ में पार्टी के प्रांतीय और मण्डल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ राजनीतिक और चुनावी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श कर रही थीं विशेष विश्व ओलंपिक खेल दो हजार उन्नीस आबुधाबी में आरंभ हो गये हैं इन खेलों में दो सौ देश भाग ले रहे हैं विशेष ओलंपिक विश्व खेल का कल शाम आद् धाबी में एक शानदार समारोह में उद्घाटन हुआ भारतीय कंटीजेंट ने तिरंगा लहराते हुए अपने जोश और उत्साह का प्रदर्शन किया मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत की टीम इस स्पेशल ओलंपिक्स की सबसे बड़ी टीम है कृष्ण नगरी मथुरा में होली खेलने की शुरूआत हो गयी है कल सुबह श्री द्वारिकाधीश मन्दिर में परंपरागत होली रसिया गायन के साथ दूर दराज़ से आये श्रद्वालुओं ने अबीर और गुलाल से होली खेली मान्यता है कि द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का बाल स्वरूप है और इसी वजह से कान्हा को होली का आभास कराने के लिए उन्हें रसिया गायन सुना कर होली के लिए तैयार किया जाता है